इस परियोजना में लगभग अट्ठाइस किलोमीटर लंबाई के दो कॉरीडोर बनाये जायेंगे एक कॉरीडोर करोंद से एम्स तक और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहे तक बनाया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेट्रो रेल केवल भोपाल ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में भी नया इतिहास बनने जा रहा है उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को देखते हुये शहरों को फैलाने की जरूरत है और इसमें मेट्रो ट्रेन एक अहम कदम साबित होगी इस दौरान उन्होंने भोपाल की मेट्रो का नाम भोज मेट्रो रखने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मेट्रो का दायरा बढ़ाकर मण्डीदीप और एयरपोर्ट तक करने के निर्देश भी दिये थे इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य मंत्री गण भी मौजूद थे झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गयी हैं कांग्रेस ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को इस चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का जल्द ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जाने के बाद जीएस डामोर द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण यहां चुनाव कराया जा रहा है

शिवप्री घटना शिवपुरी जिले के भावखेड़ी गांव में कल हुई दो बच्चों की हत्या के सिलसिले में आज जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी है इस मौके पर प्रशासन द्वारा कहा गया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जायेगी गौरतलब है कि कल भावखेड़ी गांव में शौच के लिए बाहर गये दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा महिला क्रिकेट भारत की महिला क्रिकेट टीम आज सुरत में ट्वेन्टी ट्वेन्टी सीरिज का दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी आकाशवाणी से इसका सीधा प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी में शाम छः बजकर पचास मिनट से किया जाएगा जिसे एफएम रेनबो नेटवर्क और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा पांच मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक शून्य से आगे है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात से जारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं जलाशयों में जलस्तर के बढ़ जाने से उनके गेट खोल दिये गये हैं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान रपटे पुल पर पानी होने पर पार ना करें हालांकि मानसून का प्रभाव लगभग समाप्ति की ओर है लेकिन वातावरण में उपस्थित नमी और कम दवाब के क्षेत्र के बनने से स्थानीय बादलों से कहीं कहीं बारिश भी हो रही है

जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं